विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को नवम्बर से सातवें वेतन आयोग का मिलेगा लाभ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्न और मध्यम आय वर्ग के आवास क्षेत्र में लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए एक विशेष ऋण सुविधा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि देशभर में सोलह सौ परियोजनाओं में साढे चार लाख से अधिक आवासीय इकाइयों का काम अटका हुआ है उन्होंने कहा कि ज्यादा परियोजनाएं वैसी हैं जिनमें मकान को खरीदने के लिए खरीदारों ने लगभग पूरा पैसा लगा दिया है लेकिन उन्हें कब्जा नहीं मिला है श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन लंबित आवास निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक कोष गठित किया गया है सरकार इसमें प्रायोजक की भूमिका निभाएगी और दस हजार करोड़ रुपये का योगदान करेगी इस कोष से आवास निर्माण कंपनियों को उनकी अध्ररी परियोजनाएं पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी जिससे लोगों को तैयार आवासीय इकाइयां मिल सकेंगी राज्य सरकार ने निगम और बोर्ड कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में सत्रह प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गयी है अब यह दो सौ पंचानवे प्रतिशत से बढ़कर तीन सौ बारह प्रतिशत हो गया है वहीं छठे वेतन आयोग के तहत वेतनमान पा रहे कर्मियों और पेंशनधारकों को अब मूल वेतन का एक सौ चौसठ प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा यह बढ़ोतरी एक जुलाई दो हजार उन्नीस से प्रभावी हो गई है प्रदेश के सभी तेरह विश्वविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सातवें पूनरीक्षित वेतनमान का लाभ इस वर्ष नवम्बर महीने के वेतन से मिलना श्रू हो जायेगा यह निर्णय शिक्षा विभाग की बैठक में लिया गया बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्टार उपस्थित थे प्राप्त जानकारी के अनुसार इसका लाभ करीब बीस हजार शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को मिलेगा केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने देश भर में प्याज की उपलब्धता और कीमतों की स्थिति की नई दिल्ली में समीक्षा की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के कारणों और इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा हुई बाद में श्री पासवान ने कहा कि सरकार कीमतों में बढ़ोतरी की रोकथाम के लिए सभी संभव कदम उठा रही है प्याज का छप्पन हजार सात सौ टन का सुरक्षित भंडार बनाया गया है जिसमें से एक हजार पांच सौ पच्चीस टन नाफेड के पास इस समय उपलब्ध है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि जल संरक्षण योजनाओं के तहत आहर पईन के जीर्णोद्वार के साथ ही पक्का चेकडैम भी बनाया जायेगा उन्होंने पटना में कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का असर फसलों की उत्पादकता पर भी पड़ रहा है इसके निदान पाने के लिए ही सरकार जल जीवन हरियाली अभियान चला रही है लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है कि बड़े तालाबों की पूरी तरह खूदाई करवाकर उसकी नये सिरे से मरम्मत होगी उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि विभाग में दो सौ जूनियर इंजीनियरों की बहाली संविदा पर होगी श्री मीणा ने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्रत्येक राजस्व ग्राम के सभी बड़े तालाबों का जीर्णोद्धार होगा उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया सिख धर्म के संस्थापक गुरूनानक देव जी महाराज का पांच सौ पचासवां प्रकाशोत्सव पटनासिटी स्थित तख्त श्रीहरिमंदिर साहिब में शुरू हो गया है पंज प्यारों के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली जा रही है

उन्होंने कहा कि दस नवम्बर को विशाल प्रभात फेरी निकाली जायेगी वहीं ग्यारह नवम्बर को नगर कीर्तन निकाला जायेगा इस अवसर पर लोक संपर्क और संचार ब्यूरो की ओर से नौ नवम्बर से गायघाट में डिजिटल फोटो प्रदर्शनी और लेजर शो का आयोजन किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरूनानक देव जी महाराज के पांच सौ पचासवें प्रकाशोत्सव के अवसर नौ नवम्बर को करतारपुर गलियारे का उद्घाटन करेंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए निजी चिकित्सा कॉलेजों में शुल्क तय करने का कार्य शुरु कर दिया है मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से निजी चिकित्सा संस्थाओं में शुल्क तय करने के दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार करने को कहा है आकाशवाणी से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्रालय में विशेष सचिव अरुण सिंघल ने बताया है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अस्तित्व में आने तक शुल्क तय करने का प्रारम्भिक मसौदा तैयार करेगा अगले साल होने वाली मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए आज से सेंटअप परीक्षा शुरू हो रही है दो पालियों में होने वाली यह परीक्षा ग्यारह नवम्बर तक चलेगी सेंटअप परीक्षा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए हर केन्द्र पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गयी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि पहली पाली की परीक्षा सुबह साढ़े नौ बजे से और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर सवा एक बजे से शुरू होगी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सत्तारूढ़ जनता दल यूनाईटेड पन्द्रह दिसम्बर से सभी विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन करेगा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद आर सी पी सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि पार्टी का संगठनात्मक विस्तार ब्रथ स्तर तक किया जायेगा और प्रत्येक ब्रथ पर अध्यक्ष और सचिव नियुक्त किये जायेंगे उन्होंने दावा किया कि दो हजार बीस में विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकबार फिर एनडीए की सरकार बनेगी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले जा रहे विजय मर्चेट अंडर सिक्सटीन क्रिकेट मुकाबले में बिहार की पहली पारी एक सौ अड़तालीस रन पर ही सिमट गयी

भागलपुर जिले के घोघा थाना क्षेत्र के गोल सड़क चौक के पास अपराधियों ने एक मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़ कर एक लाख बासठ हजार रुपये चोरी कर लिये जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि पार्टी आगामी पच्चीस नवम्बर को विधानसभा का घेराव करेगी एसटीएफ ने लंबे समय से फरार चल रहे नक्सली धर्मवीर कुमार उर्फ बादल को पटना के खीरी मोड़ से गिरफ्तार किया है आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है पटना में दो हजार इक्कीस से नहीं चलेंगे डीजल ऑटो दैनिक जागरण ने कोन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए पच्चीस हजार करोड़ का फंड दैनिक भास्कर ने सुर्खी लगायी है दिल्ली की अदालतों पर वकीलों के ताले लोगों को घूसने तक नहीं दिया प्रभात खबर का शीर्षक है राज्य के हर अस्पताल के पास बनेगी धर्मशाला

विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को नवम्बर से सातवें वेतन आयोग का मिलेगा लाभ